रक्षा मंत्री ने इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को दे के सैन्य इतिहास में नये युग की शुरूआत बताया है

राफाल लड़ाकू विमान आज फ्रांस से भारत में अम्बाला वायु सेना स्टेशन पर पहुंच गये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना में राफाल लड़ाकू विमानों को शामिल होना देशा के सैन्य इतिहास में नये युग की शुरूआत है कई टवीट में रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न विशेषताओं वाले यह लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना की क्षमता में नई क्रांति लायेंगे

रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त कि भारतीय वायु सेना ने समय पर युद्ध क्षमता हासिल कर ली है उन्होंने कहा कि राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विमान खरीदने के फैसले से ही संभव हो पाई है श्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के साहस और निर्णायक शक्ति के लिए उनका आभार व्यक्त किया

रक्षा मंत्री ने कहा कि इस विमान की सबसे बेहतर उड़ान भरने युद्ध करने रडार और इलैक्ट्रोनिक क्षमता है उन्होंने कहा कि अब भारत किसी भी विदेशी खतरे का मुकाबला करने के लिए और मजबूत बना गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राफाल लड़ाकू विमान के भारत आगमन का स्वागत किया है

उन्होंने वायु सेना को सम्बोधित होते हुये कहा कि गर्व के साथ आकाश को छुओ गृहमंत्री अमित शाह ने भी राफाल के भारत को एक गौरवमय क्षण बताते हुये कहा कि राफाल का देश की धरती को छूना देश की सशक्त वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है गृह मंत्री ने उम्मीद जताई है कि राफाल वायु सेना के यौद्दाओं को अपनी बेहतरीनी शक्ति से आकाश को सुरक्षित रखने में मदद करेगा हरियाणा के आज अम्बाला वायु सेना स्टेशन में राफाल लड़ाकू विमानों के पहुंचने पर स्थानीय नेताओं ने खुशी का इजहार किया है गृह मंत्री अनिल विज ने राफाल का स्वागत किया है हुये इससे वायुसेना की सामरिक शक्ति बढ़ी है अम्बाला में विधायक असीम गोयल की अगुवाई में लोगों ने तिरंगा लहराया भारत माता की जय के नारे लगाये और लड़डू भी बांटे वहीं सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि राफाल के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की शक्ति में वृद्वि हुई है गुरूग्राम से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन विमानों की भारत लाने वाले पायलट में बसई गांव का निवासी रोहित कटारिया भी शामिल है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सोतई गांव में चल रही महाग्राम योजना के तहत गांव को जल्द पूरी तरह कचरे और गंदे पानी से मुक्त कर दिया जायेगा

यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और ग्राम विकास व पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकरियों के साथ मंत्रणा के बाद दी

इस योजना के तहत गांवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज प्रणाली दी जा रही है

उप मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को सीवरेज प्रणाली के साथ साथ ठोस शोधन संयंत्र यानि एसटीपी और गोबर के निस्तारण के लिए बायोगैस संयंत्र लगाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश भी दिये

यमुनानगर में भी आज चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है सिविल सर्जन डा दहिया ने बताया कि ये मरीज सढौरा यमुनानगर व जगाधरी क्षेत्र के है उनके इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक ने बीडीएस की परीक्षायें स्थगित कर दी है हमारे संवाददाता ने बताया कि विद्यार्थी कोविड संक्रमण के चलते परीक्षायें स्थगित करने की मांग कर रहे थे

विश्वविद्यालय के कार्यवाहन परीक्षा नियंत्रक डॉ आर के शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुये राज्य के आठ डेंटल कॉलेज में परीक्षायें स्थगित की गई है हरियाणा शहरी स्थानीय विभाग ने लोगों को पानी और सीवरेज शुल्क को लेकर राहत देने सम्बधी एक अधिसूचना जारी की है

सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे जल उपभोक्ताओं जिन्होंने अपने पुराने पानी व सीवरेज के बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है उनके लिए बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान का भी प्रावधान किया है

पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने अबतक आठ निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को भी लाइसेंस जारी किया है उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों को वर्दी के नियम का पालन करना अनिवार्य है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निजी सुरक्षा गार्ड पुलिस और संशस्त्र बलों के समान वर्दी न पहने अधिनियम के इन प्रावधानों की उल्लघना किये जोन पर दंड के साथ जुर्माने का प्रावधान है उन्होंने सभी एजेंसियों को अधिनियम की शर्तो का पालन करने की सलाह दी है

पलवल में इस मौके पर पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे